प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि संसद दवारा हाल ही पारित किये गये कृषि विधेयकों और श्रम कानून किसानों और कामगारों को कानूनों के अनावश्यक मक्कड़ जाल से मुक्त करेंगे प्रधानमंत्री आज पंडित दयाल उपाध्याय की जयंती पर अवसर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सम्बोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर कहा कि वे सफेद झूठ फैलाकर लोगों को ग्मराह कर रहे है प्रधानमंत्री ने कृषि विधेयकों और सरकार दवारा शुरू किये गये श्रम सुधारों की प्रंशसा करते हये कहा कि स्वतंत्रता के बाद सत्ता में रहे राजनीतिक दलों द्वारा झूई वायदे करके किसानों और कामगारों से राजनीति लाभ लेने का प्रयत्न किया गया है श्री मोदी ने बल देकर कहा कि कृषि क्षेत्रों में चिर प्रतीक्षित आज़ादी इन नये विधेयकों से प्राप्त् होगी उनहोंने कहा कि किसान अपने उत्पाद मौजूदा मंडियो के अलावा देश में कही भी बेच सकेंगे

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने कृषि आर्थिकता को मजबूत बनाने के लिए ऐतिहासिक सुधार किये है उन्होंने बताया कि किसानों को मुक्त करने के लिए उनके खाते में सीधे एक लाख करोड़ रूपये भैजे गये है

पंडित दीन दयाल उपाध्याय बारे बोलते हये प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी राजनीति और आर्थिकता बारे विचारधारा और शिक्षायें आने वाली पीप्रियों को प्रेरित करती रहेगी

उनहोंने कोविड काल मे कार्यकर्ताओं दवारा किये जा रहे कार्यो की प्रंशसा की और लोगों को स्वास्थ्रू मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करने शारीरिक दूरी बनोय रखने और मास्क पहनने की ताकीद की

श्री मनोहर लाल आज चंडीगढ़ में पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर वेबिनार के माध्यम से गोहाना में कार्यक्रम से जुड़े लोगों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पंडित दीन दयाल का मानना था कि जब तक गरीब का विकास नहीं होगा तब तक समाज का विकास नहीं होगा इसलिए समाज के सभी वर्गो को साथ लेकर पूरे समाज का विकास करना है मुख्यमंत्री ने कहा कि सह अस्तित्व का सिद्धांत कहता है कि समाज के अलग अलग स्तर के लोगों में द्रियां नहीं होनी चाहिए जाने माने पार्श्व गायक एस पी बाला सुब्रामण्यम का आज दोपहर चेन्नई में देहांत हो गया

हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड ने अपने वितरकों बूथ धारकों और डेयरी किसानों को लाभ पहंचाने के लिए आज विभिन्न योजनाओं की घोषणा की है

उन्होंने कहा कि इस योजना का उददेश्य बिक्री में वृद्धि करना और कोरोना महामारी के कारण विपरीत परिस्थितियों से ग्जर रहे वितरकों को राहत प्रदान करना है उन्होंने कहा कि एक अन्य पहल करते हुए प्रसंघ ने ग्राहकों और बूथ मालिकों की मांग पर वीटा बूथों पर ताजा सब्जियों और फलों की बिक्री की अनुमति दी है

सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने बताया कि इसका उददेश्य वीटा बूथों पर ग्राहकों की संख्या में वृदधि करना और लाभ को बढ़ाना है

इस ऐप को गुगल के माध्यम से व जिला प्रशासन द्वारा जारी वैबसाईट के जरिये डाउनलोड किया जा सकता है और यह किसी भी मोबाईल जैसे एंड्राएड स्मार्ट फोन पर भी डाउनलोड की जा सकती है गृहमंत्री ने बताया कि अम्बाला हॉस्पिटल बैड मैनेजमैंट के तहत कोई भी व्यक्ति जिले में कोविड से सम्बन्धित कितने बैडों की व्यवस्था के साथ साथ वहां पर अन्य चिकित्सा सुविधाओं की क्या क्या व्यवस्था है इसके लिए वह मोबाईल पर इस ऐप को डाउनलोड करके तमाम जानकारी ले सकता है